केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव अभी स्थानीय स्तर पर है और इसका फैलाव सामुदायिक स्तर तक जाने का प्रमाण नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि यह नियंत्रण लोगों के सहयोग सामूहिक सतर्कता भीड़ भाड़ से बचने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन तथा लॉकडाउन लागू करने के कारण संभव हुआ है उन्होंने कहा कि पूरा देश इस संक्रामक रोग के खिलाफ संघर्ष में लगा है तथा लोगों को और अधिक सतर्क होने तथा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने चिकित्सा आपात प्रबंध और अस्पताल प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया है केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष में कोई विस्तार नहीं किया गया है वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग से कल जारी अधिसूचना भारतीय स्टैम्प अधिनियम में कुछ संशोधनों से संबंधित है इसका उद्देश्य शेयर बाजारों से प्रतिभूति लेन देन पर स्टैंम्प शुल्क संग्रह की कुशल और प्रभावी व्यवस्था करना है

मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में भ्रामक खबर आ रही थी कि वित्तीय वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को अगले आदेश तक बॉयोमैट्रिक हाजरी लगाने स छूट दे दी है

एम्स के ही एनेस्थिसयोलॉजी विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने सलाह दी है कि लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए और अपने हाथों की सफाई करनी चाहिए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को इस समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए बाइट सबसे ये कहें कि डरने की जरूरत नहीं है पैनिक की जरूरत नहीं है लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है जो जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हम लोग हेल्थ एडवाइजर्स दे रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो जो आ रहे हैं ऐडवाइज भी वो सबका पालन करना बहुत जरूरी है सोशल डिस्टें सिंग घर में रहना है बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जाएं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं

ऐसे उपायों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा या व्यापार म अनावश्यक रुकावट नहीं होनी चाहिए तथा वे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुकूल होने चाहिए यह इस तरह की दूसरी वीडियो कॉफ्रेंस थी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

उन्होंने लॉकडाउन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत तीन दिनों में विभिन्न राज्यों से आये लोगों को गांव में भेजने से पहले जनपद स्तर पर शेल्टर होम में क्वारेनटाइन में रखा जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के निजामुददीन मरकज से निकले तबलीगी जमात के लोगों के उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में पहुंचने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि इन जमातियों को चिन्हित कर उनका ब्लड टेस्ट कराया जाये और आवश्यकतान्सार क्वारनटाइन में रखा जाये

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार बाहर से आये हुए लोगों के प्रति काफी गंभीरता बरत रही है हाल ही में अन्य प्रदेशों से आए लोगों को पृथक केन्द्रों में रखा है और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि सरकार गांव में कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान करने के लिए आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद ले रही है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

अतंर्राज्यीय तथा अन्तर जनपदीय सीमाओं को सील कर दिया गया है लोगों को बंद के दौरान खाने पीने तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में कोई बाधा न हो इसके लिये विशेष इंतजाम किये गये हैं सूचना और जनसम्पर्क विभाग तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज मीडिया को बताया कि वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं

उन्होंने बताया कि राज्य में पांच हजार दो सौ पचास बैरियर स्थापित किये गये हैं तथा सात लाख से अधिक वाहनों को चेक किया गया

क्वारनटाइन शिविरों तथा अन्य जगहों पर भोजन आपूर्ति के लिये एक हजार दो सौ इक्यानवे किचंन शुरू किये गये हैं लखनऊ में लॉकडाउन व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जा रहा है लखनऊ के एडिशनल डीसीपी अमित कुमार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की